प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर श्भकामनायें दी है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास में हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने आशा व्यक्त की कि हरियाणा राज्य जोकि ख्शहाली और हरियाली का प्रतीक है प्रगति में नये कीर्तिमान स्थापित करेगा हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है यह प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम एवं सहयोग से सम्भव हो पाया है आज हरियाणा दिवस पर प्रदेश भर में खेल प्रतियोगितायें सहित कार्यक्रम आयोजित किये गये म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस की बधाई देते हये करनाल में कर्ण स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता पर श्भारंभ किया आज यहां आठ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जिसमें विजेता खिलाब्रिमों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया

साथ ही खेलों इंडिया कार्यक्रम की तैयारी प्रदेश में शुरू हो गई है

श्री मनोहर लाल ने बताया कि वाई फाई की स्विधा से लोगों को घर बैठे कम कीमत पर सरकार की साढ़े पांच सौ से अधिक योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलना श्रू हो जायेगा

मीडिया से बातचीत में म्ख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों दवारा पांच नवम्बर को चक्का जाम के सवाल में उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन कानुन एवं व्यवस्था को किसानों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करे अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है तो फिर सख्ती से निपटा जायेगा हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा दिवस के पर आज रोहतक में हये एक कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को बधाई दी उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के खिलाडिय़ों से मुलाकात कर उनकी हौंसला अफजाई की

उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई नीति से खिलाडियों में नई ऊर्जा का संचार हआ है पंचक्ला में आज प्रदेश के स्थापना दिवस व राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की प्रदशवासियों को उन्होंने इस अवसर पर श्भकामनायें दी और खिलाड्डियों देश की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस पर शुभकामनायें दी है

यम्नानगर जिले के खेल परिसर तेजली में आज केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने जिला स्तरीय समारोह का श्भारंभ किया

इस दौरान परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा फरीदाबाद के विधायक नरेन्द्र ग्प्ता व अधिकारीगण मौजूद थे जिले में आज से खेल प्रतियोगितायें श्रू हुई उधर अम्बाला में हरियाणा दिवस अनेक स्थानों पर मनाया गया गांव थंबड़ में इस अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हआ अम्बाला छावनी नगर परिषद के सदर क्षेत्र में पोलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके सचिव राजेश कुमार ने बताया कि अम्बाला छावनी में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है

सिरसा में आज हरियाणा दिवस पर खेल प्रतियोगितायों करवाई गई ग्हला के विधायक ईश्वर सिंह ने ध्वारोहन कर खेलों का शुभारंभ किया

मास्क और दो गज की दूरी है बहत जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है हरियाणा सरकार फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड के मामले पर गंभीरता से लेने हये लव जिहाद पर कानून बनाने पर विचार कर रही है

उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और अत्यंत गंभीर मामला है इसलिए इसको रोकने के लिए कोई कानून लाना पड़ा तो लाया जायेगा उन्होंने बताया कि बल्लभ गढ़ मामले मे बनाये गये विशेष जांच दल को जिन बिन्दुओं पर जांच करने के लिए कहा गया है उनमें धर्म परिवर्तन कराने के लएि संगठित व स्नियोजित प्रयास के आरोप की जांच भी शामिल है श्री विज ने कहा कि इस मामले में सभी सहयोगी राजनीति दलों और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ने का निर्णय लिया जायेगा